बर्फबारी व वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में चंबा व कुल्लू जिलों सहित लाहौल मंडल में कल शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद

शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी

जयराम ठाकुर ने कहा कि मेलों के आयोजन के लिए एकत्र होने वाली धन राशि से मुश्किल से मेले आयोजित हो पाते हैं

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल कांगेस के सदस्य नारेबाजी करने लगे और फिर सदन से वाकआउट किया कांग्रेस के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की डीपीआर बनाने का मामला बेहद पेचीदा है और इसमें समय लगता है लेकिन कांग्रेस विधायक विधानसभा से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे जोकि सही नहीं है जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश के विकास के मामले में राजनीति कर रहा है और उनके पास लोकसभा चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे राष्ट्रीय राजमार्गो के मामले को मुद्दा बनाकर राजनीति करना चाहते है जो कि आधारहीन है

इसी सवाल पर विधायक विनोद कुमार कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के माध्यम से जिम के लिए सामान खरीदने संबंधी सुझाव दिए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सरकार इन सुझावों पर विचार कर सकती है

इस सब स्टेशन को लेकर विधायक सुरेश कुमार कश्यप का कहना था कि उनके विधानसभा क्षेत्र की भी कई पंचायतें इसके तहत आती हैं जिन्हें राजगढ़ डिविजन के तहत लाए जाने से सुविधा होगी

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के संबंध में आज अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा की अध्यक्षता में शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ गौतम ने योजना के परिचालन से संबंधित दिशानिर्देशों की जानकारी दी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को सभी विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और किसानों को विभिन्न माध्यमों द्वारा इस योजना के बारे में सूचित किया जाएगा इस अवसर पर मनीषा नंदा ने बताया कि कृषि निदेशक इस योजना के लिए राज्य नोडल अधिकारी होंगे अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कर्मचारियों के हितों का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो में विभिन्न पद खाली पड़े हैं और अधिकतर कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है

सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसके जवाब में बताया कि मामला सरकार के संज्ञान में हैं और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों की समस्या पर उचित कार्यवाही की जा रही है

चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुददा नहीं है विपक्षी कांग्रेस बिना किसी ठोस आधार के राजनीति करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस की हालत ये है कि प्रदेश में उसके सामने नेतृत्व का संकट पैदा हो गया है इससे पहले सदन में आज दो बार तल्ख मौहाल देखने को मिला जब कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने अपने भाषण के दौरान कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई योगदान नहीं था सत्तापक्ष की ओर से इसका जबाव संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह कहते हुए दिया कि कांग्रेस की स्थापना करने वाला तो एक अंग्रेज व्यक्ति एओ ह्यूम थे यह मामला इतना गर्मा गया कि भोजन अवकाश से पहले सदन की कार्यवाही स्थगित करने पड़ी उसके बाद भोजन अवकाश के बाद दोबारा दोनों ओर से तल्ख टिप्पणियां हई लेकिन यह तल्खी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के यह कहने के बाद खत्म हुई कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले व्यक्ति को लेकर जो शब्द इस्तेमाल किया गया वह सही नहीं था इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का व्यवहार उचित नहीं है और राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी सदस्यों को बोलने का पूरा अवसर दिया गया अभिभाषण चर्चा विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अभिभाषण को प्रदेश सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का आयना बताया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुराह विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति मिली है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में एशियाई विकास बैंक सिंचाई व जनस्वास्थ्य और बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में ये बात कही

मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं को समयबद्द लागू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर भी बैठक में मौजूद रहे

पार्टी महासचिव चंद्र मोहन ठाक्र ने आज इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में बताया कि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे इस बीच तीर्थ सिंह रावत ने आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि केन्द्र सरकार ने सब का साथ सब का विकास के मूल मंत्र के साथ कार्य किया है जिससे हर वर्ग को लाभ मिला है उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी

भारी हिमपात को देखते हुए चंबा व कल्लू जिलों और लाहौल मंडल में सभी शैक्षणिक संस्थानों में कल अवकाश घोषित किया गया है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से विद्युत और संचार सेवाएं भी बाधित हैं जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिला उपायुक्त अश्विनी कुमार चौधरी ने बर्फबारी के दौरान लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है उधर चंबा जिले की ऊंची चोटियों में हिमपात जबकि निचले इलाकों में वर्षा हो रही है पांगी के आवासीय आयुक्त चमन लाल शर्मा ने हिमखंड खिसकने की आशंका के चलते लोगों को घरों से बाहर न जाने की सलाह दी है कुल्लू किन्नौर और शिमला जिले की उंची चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हो रही है शिमला के कुफरी व नारकंडा में भी ताजा हिमपात हुआ है

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति किन्नौर चंबा शिमला और कुल्लू जिलों में हिमस्खलन चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन को अपने क्षेत्रों में एहतियात बरतने और कड़ी निगरानी रखने को कहा है